मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सुझाव हिमालयी राज्यों के विकास के लिए बने अनुकूल नीति चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ हुआ शुरू कुल्लू ज़िला में श्रीखण्ड यात्रा के दौरान तीन श्रद्धालुओं की मौत मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण की दिशा में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना की है

उन्होंने उम्मीद जताई कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार में युवाओं को प्रेरित करेगा उन्होंने विद्यार्थियों से विज्ञान पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने का आहवान किया

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष आज़ादी की वर्षगांठ को नए तरीके से मनाने का आहवान किया

प्रतिक्रिया इस बीच प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेशभर में उत्साहपूर्वक सुना गया शिमला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री का प्रेरक मार्गदर्शन पूरे राष्ट्र को मिलता है चम्बा में मन की बात कार्यक्रम के बाद लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों पर गम्भीरता से विचार करने का संकल्प लिया

सम्मेलन में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से हिमालयी क्षेत्र के वातावरण को बचाने में सहयोग का आहवान किया उन्होंने कहा कि इस दिशा में दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की जुरूरत है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमालयी राज्यों के विकास के लिए समग्र व अनुकूल नीति तैयार करने की ज़रूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि इस नीति से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य रूकावटों के बावजूद हिमालयी राज्य अन्य राज्यों के समान उन्नति कर सकेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य करते हुए एक समान विकास पर बल दे रही है मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग और केन्द्र सरकार से राजस्व घाटे वाले राज्यों को पर्याप्त अनुदान देने का आग्रह किया ताकि प्रंजी निवेश के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ हो गया है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मेले का विधिवत शुभारम्भ किया इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और मिर्जा परिवार के सदस्यों ने भगवान लक्ष्मीनारायण व भगवान रघुवीर को हाथ से बनी मिंजर चढ़ाने की रस्म निभाई विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि मिंजर मेला अपने आप में ऐसा उत्सव है जो देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है मेले में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के चण्डीगढ़ कार्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है

महेन्द्र सिंह ने पपलोग पंचायत के खरोह में प्राकृतिक जलस्रोतों के सफाई अभियान में भी भाग लिया शिमला भाजपा शिमला भाजपा मण्डल ने शहर के अन्नाडेल में आज सदस्यता अभियान व संगठन पर्व का आयोजन किया इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जिस तरह सकारात्मक कार्य कर रही है वह देश के लिए ऐतिहासिक व गर्व की बात है बाद में उन्होंने कैथू में पौधरोपण अभियान के तहत चिनार का पौधा भी रोपा इस दौरान श्री गुरूनानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में गेयटी थियेटर में हुए समारोह में सुरेश भारद्वाज ने लोगों से गुरूनानक देव की शिक्षाओं को अपनाने का आहवान किया

हमारे कुल्लू प्रतिनिधि के अनुसार मृतकों में दो दिल्ली निवासी हैं जबकि एक की पहचान शिमला के खलीणी निवासी के रूप में की गई है प्रशासन द्वारा शवों को लाने की व्यवस्था की जा रही है

उन्होंने कहा कि ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है और इससे महिलाओं को धुएं से निजात मिली है उधर हमीरपुर के भोरंज में विधायक कमलेश कुमारी ने योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए

स्वागत विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इलेक्ट्रिक वाहनों में जीएसटी की दरें घटाने के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा ये कदम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है इस संबंध में पार्टी की आज धर्मशाला में हुई बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए तय समय पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी शूटिंग रेंज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार सोलन जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज स्थापित करने के प्रयास कर रही है दून विधानसभा क्षेत्र के कुठाड़ में आज शूटिंग प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि राज्य राइफल संघ के सहयोग से इसके लिए उपयुक्त स्थान चयन की प्रक्रिया जारी है प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के करीब दो सौ निशानेबाजों ने भाग लिया सम्मान राजधानी शिमला से लगते ब्योलिया निवासी पंडित सोम दत्त बट्टू को संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है उन्हें ये पुरस्कार आने वाले दिनों में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा